केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वस्तुओं को व्यर्थ में फेंककर वातावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालेरेंस नीति पर काम करेगी

भिवानी में चल रही राज्य स्तरीय पुरूष हॉकी प्रतियोगिता के फाईनल में कल रोहतक का मुकाबला जींद से होगा उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कहा है कि सूचना सत्य पर आधारित होनी चाहिए और तथ्यों की पुष्टि करने ही सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए राष्ट्रीय प्रैस दिवस के अवसर पर श्री नायड् ने कहा कि समाचारों को सनसनीखेज बनाया जाना आज कल का चलन बन गया है उप राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को अधिकारों की रखा के लिए प्रैस की स्वतंत्रता तो आवश्यक है लेकिन मीडिया को भी अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाना चाहिए ताकि लोगों को भेदभाव न किया जा सके इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रैस की स्वतंत्रता आवश्यक है और सरकार प्रैस की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है इस मौके पर उप राष्ट्रपति ने पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को पुरस्कार प्रदान किए प्रसिद्ध पत्रकार एवं राजस्थान पत्रिका के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से सम्मनित किया गया केन्द्रीय रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने कहा है कि विश्वभर के देश मानते हैं कि विश्व की आर्थिकता के विकास के लिए ज्यादा उपभोग अच्छा है लेकिन भारत में ये बात लागू नहीं होती क्योंकि भार के लोग कम बर्बादी और वस्तुओं के पूर्ण इस्तेमाल में विश्वास करते हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमें वस्तुओं को व्यर्थ में न फेंककर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए विशेषकर भोजन दूध और अन्य खाद्य पदार्थो की बर्बादी नहीं करनी चाहिए

इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और न्यायाधीश दीपक गुप्ता भी उपस्थित थे

उन्होंने युनिवरसिटी को प्लास्टिक मुक्त रखने की सराहनरा करते हुए कहा कि गरीबी आतंकवाद और वातावरण में परिवर्तन भारत की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और देशवासियों को इन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आना चाहिए

हरियाणा सरकार ने प्रदेश को संसाधन सम्पन्न और आविश्कारशील स्टार्ट अप हब बनाने की दृष्टि से गुरूग्राम में नवाचार और स्टार्ट अब हब पर तीन सरकारी स्वामित्व वाले इनक्यूबेटरों की स्थापना की है राज्य सरकार स्टार्ट अप के लिए उद्यमशीलता का माहौल प्रदान करने एवं सुदृढ नेटवर्क बनाने के लिए प्रयाप्त कमद उठा रही है

रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के गांव दिनोल की छापेमारी करके लिंग जांच करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया पुलिस ने आशा वर्कर सहित तीन लोगों को काबू करने के साथ ही मौके से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद की है

मालूम हो कि एक आशा वर्कर के घर पर ही पोर्टेबल मशीन द्वारा अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड कर लिंग परीक्षण किया जा रहा था टीम ने आरोपी सुबोध शर्मा भूपेन्द्र कुमार व संजय शर्मा को हिरासत में लिया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार पिछले कार्यकाल की भांति इस कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालेरेंस की नीति पर काम करेगी शिकायत मिलने पर निष्ठा व ईमानदारी से काम न करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाई की जायेगी आज अंबाला में लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद मंत्री ने कहा कि जनता के आर्शीवाद से ही उनको सेवा करने का अवसर मिला है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे विकास कार्यों को पूरा करने में तेजी जायें कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि वे तीसरी बार विधायक बन कर विधानसभ्ज्ञा में पहुंचे श्री गुर्जर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापक कदम उठाए जाएंगे स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरना उनकी प्राथमिकता रहेगी पूर्व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि देश के शीर्ष न्यायालय ने रफाल मुददे पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए जहां बीजेपी सरकार के इस सौदे पर पारदर्शिता पर मुहर लगाई है वहीं अदालत ने राहुल गांधी द्वारा बोले गए झूठ को भी सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेसियों की दुर्भावना को उजागर किया है श्रीमती जैन ने कहा कि कांग्रेस और उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री कविता जैन मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन सहित कई वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में सोनीपत में धरना देकर रोष भी प्र प्रकट किया प्रदर्शन में राई विधायक मोहन लाल बडौली भी पहुंचे पलवल के विधायक दीपक मंगला ने कहा कि रफाल सौदे को क्लीन चिट देने पर कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांग कर अपनी गलती माननी चाहिए पलवल में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि ये राष्ट्रहित के मुद्दों पर भी राजनीति करती है

काबिले गौर है कि कील फाईनल मुकाबला रोहतक व जींद की टीमों के बीच होगा